विमान रेल और मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी

कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी

सात क्षेत्रों में ढांचागत सुधार की पहल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक दो हजार छः सौ छत्तीस लोग स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ सोलह देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एन डी एम ए द्वारा लॉकडाउन की अवधि इकत्तीस मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यह दिशा निर्देश एन डी एम ए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जारी किए हैं लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाए बंद रहेंगी रेल और मेट्रो रेल सेवाएं भी स्थगित रहेंगी स्कूल कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा होटल और रेस्त्रां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी केवल स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य कर्मियों सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वॉरंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी केवल वैसे ही होटल और रेस्त्रां खुल सकेंगे जो होम डिलिवरी सेवा देते हों सभी सिनेमाघर शॉपिंग मॉल जिम स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क सिनेमाघर बार ऑडिटोरियम सभा भवन और ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी सभी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी किसी भी तरह के सम्मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी गृह मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं ये सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे इनके अनुसार चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और इधर उधर थ्रकने पर जुर्माने के साथ सजा होगी सार्वजनिक स्थलों और यातायात के साधनों में सभी लोग परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करेंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने आत्मनिर्मर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त के बारे में नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सात क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सुजन के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी इससे लगभग तीन सौ करोड़ कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी है उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से ग्यारह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रघानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अस्सी करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि राहत पैकेज में कोवड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिये स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किया गया है प्रवासी कामगारों को अपने गृह राज्य भेजने के प्रबंधों पर वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है इसमें राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत छह लाख इक्यासी हजार सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत आठ करोड उन्नीस लाख किसानों को सोलह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गयी घोषणाओं का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इन उपायों से स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ आठ नए मामले मिले जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा चार हजार चार सौ चौंसठ पहुंच गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक सौ पन्चानबे मरीज स्वस्थ हुए हैं जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई कल आठ लोगों की बीमारी से मृत्यु के साथ प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से जान गंवाने वालों की संख्या एक सौ बारह हो गई है राज्य में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से लगातार अधिक बनी हुयी है अब तक प्रदेश में दो हजार छः सौ छत्तीस लोग बीमारी से ठीक हुए हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ सोलह है सबसे ज्यादा प्रभावित आगरा जिले में कल चार मरीज मिले जिसके बाद यहां अब तक मिले मरीजों का आंकड़ा आठ सौ दस हो गया है कल छियालीस लोगों को स्वस्थ हो जाने पर जिले के अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई जनपद में पांच सौ सैंतालीस लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं सत्ताईस लोगों की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या दो सौ छत्तीस है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सबसे अधिक सत्रह मामले कल प्रतापगढ़ जिले में मिले यहां संक्रमितों का आंकड़ा सैंतीस हो गया है ग्यारह लोग स्वस्थ हुए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या पच्चीस है हापुड़ में कल कोरोना संक्रमण के ग्यारह नए मामले मिले इसके अलावा गौतमबुद्धनगर तथा लखीमपुरखीरी में दस दस गाजियाबाद में नौ मेरठ लखनऊ रामपुर सिद्वार्थनगर बहराइच गाजीपुर सीतापुर और पीलीभीत में आठ आठ मुरादाबाद अलीगढ़ तथा अम्बेडकरनगर में सात सात प्रयागराज में छः गोण्डा में पांच बस्ती हरदोई और शाहजहांपुर में चार चार व्यक्तियों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पूष्टि हयी है वहीं कानपुर नगर में कल तीन कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या तीन सौ सोलह हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों अथवा सुरक्षित वाहनों से ही उनके घर मेजने की व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश में आने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक के लिये भोजन और पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर और कम्यूनिटी किचन में साफ सफाई के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाये मुख्यमंत्री ने सभी कोविड अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ा कर एक लाख करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है ऐसा न करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना फेस कवर या मास्क के पकड़ा जाता है तो पहली और दूसरी बार उस पर सौ रूपये का जुर्माना लगेगा इसके बाद पकड़े जाने पर प्रत्येक बार उसे पांच सौ रुपए का आर्थिक दंड भूगतना होगा दूपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को ही चलने की अनुमति है एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार ढाई सौ रुपए दूसरी बार पांच सौ रूपये तथा तीसरी और उसके बाद एक हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा मशहूर फिल्म अभिनेता अभिताभ बच्चन ने लोगों से कोरोना से मिलकर मुकाबला करने की अपील की है नमस्कार मैं हूं अमिताय बच्चन

इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने हॉगे

अपने आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुएं